राज्यपाल कल्याण सिंह का आज विधानसभा में अभिभाषण होगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल नई दिल्ली में हई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इससे आयकर रिटर्न की शीघ्रता से जांच होगी और रिफंड की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंच सकेगी मंत्रिमंडल ने तेरह नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए तीन हजार छह सौ उन्तालीस करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दी इसका उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा राज्य विधानसभा में आज राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण होगा

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मुख्यमंत्री अशोक हुं गहलोत और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल उनका स्वागत करेंगे विधानसभा के मुख्य द्वार पर श्री सिंह को आरएसी बटालियन द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जायेगी इससे पहले राज्यपाल कल्याण सिंह ने नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को बधाई और शुभकामनायें दीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नाथद्वारा विधायक डॉ सीपी जोषी को कल सर्वसम्मति से पन्द्रहवीं विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया सदन के नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीपी जोशी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने अनुमोदन किया इसी तरह उप मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का विपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने अनुमोदन किया भाजपा और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी समेत अन्य पार्टियों के नेताओं और निर्दलीय विधायकों ने श्री जोषी के नाम का प्रस्ताव रखा और अनुमोदन किया विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री जोशी को अपनी और सदन की ओर से बधाई दी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जोशी का सदन से पुराना नाता रहा है उन्होंने उम्मीद जताई कि वे सभी सदस्यों की भावना का ख्याल रखेंगे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी श्री जोषी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदन में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभायेगी और लोकतंत्र को उंचाई तक पहंचाने में योगदान देगी विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कहा कि सदन के सभी सदस्य उनके लिए समान है उन्होंने कहा कि वे सदन के कीमती समय का सद्पयोग करते हुए जनआकांक्षाओं पर खरा उतरेंगें लेकिन वह तभी संभव है जब सदस्यों को नियमों की जानकारी होगी श्री जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद अपने संबोधन में कहा कि वे संसदीय परम्परा को आगे बढाने और नये राजस्थान के निर्माण के लिये सभी सदस्यों के सहयोग से काम करेंगे

एक फरवरी को केन्द्र सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश किये जाने की संभावना है यह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा

जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती बाड़मेर की एक बालिका और जैसलमेर के युवक की स्वाईन फ्लू से मौत हो गई

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आजादी के बाद पहली बार इस साल दो हजार तीन सौ से अधिक मुस्लिम महिलाएं बिना प्रुष अभिभावक के हज यात्रा पर जाएंगी श्री नकवी ने कल नई दिल्ली में नये हज प्रभाग का उदघाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इन महिलाओं को बिना लॉटरी के हज यात्रा पर भेजे जाने की व्यवस्था की गई है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहाँ कि परीक्षा पर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत दिलचस्प होगी उन्होंने छात्रों से माई जीओवी ओपन फोरम की विशेष स्पर्धा में भाग लेने का आग्रह किया राजस्थान लोकसेवा आयोग अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा आज से शुरू हो रही है

उन्होंने बताया कि सभी संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षायें दो पारियों में आयोजित की जायेंगी

श्री मेंघवाल ने कल जयपुर के सहकार भवन में स्थित अनुसूचित जाति और जनजाति निगम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिये जिला परिषद के माध्यम से एक महीने में प्रस्ताव तैयार कराये जायेंगे राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति निगम द्वारा अनुसूचति जाति और जनजाति वर्ग दिव्यागों तथा सफाई कर्मचारियों के लिए स्वरोजगार के लिए कई योजनायें संचालित हैं इनका का पात्र लोगों को लाभ मिले इसके लिए उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा

पंजाब ने चार स्वर्ण और हरियाणा उत्तर प्रदेश तथा मेजबान महाराष्ट्र को तीन तीन स्वर्ण पदक मिले प्रदेश में शीतलहर और तेज सर्दी का दौर जारी है आगामी छत्तीस घंटों में शीतलहर के जारी रहने की संभावना हैं

वहीं कई स्थानों पर घना कोहरा छाने से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है